प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत विभिन्न वर्गो के विद्यार्थियों शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे

भयमुक्त मतदान और मतदाताओं की सुरक्षा के लिये व्यापक इंतजाम किये गये है जिला निर्वाचन अधिकारी इन्द्रजीत सिंह ने बताया कि शांतिपूर्ण चुनाव के लिये ढाई हजार से अधिक पुलिस और अर्द्वसैनिक बलों को तैनात किया गया है

रामगढ़ सीट पर मुख्य रूप से कांग्रेस की साफिया जुबेर खान भारतीय जनता पार्टी के सुखवन्त सिंह और बहुजन समाज पार्टी के जगतसिंह के बीच टक्कर मानी जा रही है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

इस बार के सत्र का स्वरूप वैश्विक होगा क्योंकि इसमें दक्षिण पूर्व एशिया और रूस सहित विभिन्न देशों के विद्यार्थी भाग लेंगे

इससे प्राप्त धनराशि का उपयोग नमामि गंगे कार्यक्रम में किया जाएगा रेल मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय का दौरा करने के बाद कहा कि इस कदम से नमामि गंगे परियोजना को बढ़ावा मिलेगा

इस दौरान बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति का जायजा लिया जायेगा और उनके वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार के उपायों पर चर्चा की जायेगी

उन्होंने लोकसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के सहयोग के लिये यह बैठक बुलाई है

गौरतलब है कि इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले यह अंतिम संसदीय सत्र होगा

यह रेलगाड़ी दिल्ली और वाराणसी के बीच चलेगी रेलमंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में बताया कि प्रधानमंत्री इस सेमी हाई स्पीड रेलगाडी का जल्दी ही उद्घाटन करेंगे

उन्होंने बताया कि यह ऊर्जा कुशल और बिना इंजन वाली पहली रेलगाड़ी है

इससे पहले कल बांसवाडा में त्रिपुर सुंदरी मंदिर में दर्शन के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में जनता केन्द्र में यूपीए की सरकार बनाये ताकि कड़ी से कड़ी जुड़े और प्रदेश को कई सौगाते मिले उन्होंने कहा कि केन्द्र में यूपीए सरकार बनने पर प्रदेश में अटके कई काम फिर से कराये जायेंगे और लोगों को कोई समस्या नहीं आयेगी

इसे देखते हुए फेस्टिवल में काफी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है आज सुबह फंट लॉन में मोर्निंग म्यूजिक के दौरान दीपा नायर रसिया अपनी प्रस्तुति देंगी शेड्स ऑफ लाईफ सत्र के तहत राजनैता कपिल सिब्बल और टीवी पत्रकार बरखा दत्त एक चर्चा में भाग लेंगे प्रदेश में तेज सर्दी और गलन का असर देखा जा रहा है अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान में कमी आने से कड़ाके की ठण्ड पड़ रही है

जयपुर जिला कलेक्टर जगरूप सिंह यादव ने तेज सर्दी को देखते हुए एक बार फिर से स्कूलों के समय में बदलाव किया है

श्री यादव ने अधिकारियों को इस आदेश की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है

पुलिस ने बताया कि वारदात को अंजाम देने वाले अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है